टीबी उन्मूलन में हमीरपुर जिले को देश भर में दूसरा स्थान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई

रक्षा मंत्री राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्र सरकार से चीन के साथ लगते प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार प्रणाली को मजबूत करने का आग्रह किया है

राज्यपाल ने चीन से आने वाले ड्रोन की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का अनुरोध भी किया है उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति के स्पीति क्षेत्र में हवाई पट्टी की तत्काल आवश्यकता है और जिले के भीतरी क्षेत्रों में भी सामरिक दृष्टि से हेलिपैड विकसित किए जाने चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरि जलापूर्ति योजना से नाहन क्षेत्र के लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा मिलेगी और इसका श्रेय विधायक राजीव बिंदल के प्रयासों को जाता है जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से हमें सर्तक रहने की जरूरत हैं और राज्य सरकार किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार है मुख्यमंत्री ने इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों से सक्रिय योगदान का आग्रह किया सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप और विधायक राजीव बिंदल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया पौधरोपण शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला जिले के घणाहट्टी के निकट नेहरा पंचायत में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया इस दौरान लगभग दो हेक्टेयर क्षेत्र में देवदार के आठ सौ पौधे रोपित किए गए उन्होंने बताया कि किसान मोर्चा द्वारा इस क्षेत्र को गोद लेकर इन पौधों का संवर्द्वन व संरक्षण किया जाएगा सुरेश भारद्वाज ने सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण करने का आहवान किया उधर कांगड़ा जिले में शाहपुर क्षेत्र के कुरेला में वन विभाग द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया इस अवसर पर स्थानीय लोगों व वन विभाग के अधिकारियों ने औषधीय पौधे रोपित किए

इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने पर बल दिया है उन्होंने कहा कि यह दिवस हर वर्ष वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है राज्यपाल ने कहा कि हेपेटाइटिस से लीवर की सूजन लीवर कैंसर का कारण बन सकती है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रोकथाम के अभाव में हर साल हेपेटाइटिस के हजारों रोगी सामने आ रहे हैं इस बीच आज विश्व प्राकृतिक दिवस भी मनाया गया राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान का आहवान किया बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए उन्होंने लोगों को दैनिक उपयोग की जड़ी बूटियां व सब्जियां उगाने का सुझाव भी दिया भाजपा अध्यक्ष प्रदेश भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश कश्यप को कल शिमला में एक सादे समारोह में शपथ दिलाई जाएगी कोरोना महामारी को देखते हुए शपथ ग्रहण व अभिनन्दन समारोह साधारण तरीके से होगा और इस दौरान सामाजिक दूरी का पूरी तरह पालन किया जाएगा प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्ष और मोर्चो के अध्यक्ष ही समारोह में शामिल होंगे यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में वर्च्अल रैली के माध्यम से देखा व सुना जा सकेगा अनुराग ठाकुर टीबी उन्मूलन में हमीरपुर जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस उपलब्धि के लिए हमीरपुर जिले को बधाई दी है उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम व इससे बचाव के लिए जन जागरूकता फैलाने को लेकर जिले को यह गौरव हासिल हुआ है

उन्होंने कहा कि टीबी के खिलाफ जंग जारी रहेगी

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सभी मंत्रियों और पार्टी विधायकों से इस बैठक में भाग लेने को कहा है बैठक में कोरोना महामारी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बस किराये में की गई बढ़ोतरी के लिए सरकार की एक बार फिर आलोचना की है शिमला जिले के ठियोग में आज पार्टी की विरोध रैली में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान यह वृद्वि उचित नहीं है और इससे जनता पर दोहरी मार पड़ी है राठौर ने कहा कि सेब सीजन को लेकर राज्य सरकार को सभी प्रबंध पूरे करने चाहिए ताकि बागवानों को विपणन की समस्या से न जूझना पड़े किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने आज चंबा में ज़िला विकास संमन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने ने ज़िले में चल रहे विकास कार्यो का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी विकास योजनाएं समय पर पूरा करने को कहा किशन कपूर ने बेवजह कार्यों को लटकाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में सांसद निधि के तहत दस लाख रूपये से बनने वाले बहुउद्देश्यीय भवन की आधारशिला रखी और ओपन जिम का लोकार्पण भी किया पुलिस महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए बहु आयामी रणनीति बनाने के उद्देश्य से शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में आज एक इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया गया अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय व अधिकारिता निशा सिंह ने इसकी अध्यक्षता की पुलिस महानिदेशक संजय कुंड़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ डेजी ठाकुर और राज्य सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा सहित महिला व बाल विकास से जुड़े अन्य अधिकारियों व पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया सत्र में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे आपराधिक मामलों के कारणों और इन्हें रोकने के उपायों पर चर्चा की गई

राजधानी शिमला में भी आज सुबह तेज वर्षा हुई मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन प्रदेश में वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है